उधर बूंदी जिले में शिक्षा विभाग की ओर से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई इस दौरान पात्र लोगों से मतदाता सूची में नाम ज्ड़वाने की अपील की गई

स्वस्थ होने वालों की संख्या संक्रमित लोगों से बीस ग्ना अधिक है

इधर प्रदेश में पिछले क्छ दिनों से कोरोना रिकवरी में आ रही गिरावट के बाद फिर से सुधार हुआ है

मंगलवार को केन्द्र और किसानों के बीच वार्ता में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था पिछली बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्यमंत्री सोम प्रकाश ने केन्द्र का पक्ष रखा था इस दौरान श्री तोमर ने कहा था कि किसानों का कल्याण और कृषि विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है

इनके तहत किसानों की भूमि की बिक्री लीज या गिरवी रखना पूरी तरह से निषिद है और किसानों की भूमि भी किसी रिकवरी से स्रक्षित है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने श्री प्रसाद को श्रद्धांजलि दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि आजादी की लड़ाई और संविधान बनाने में डाॅ प्रसाद की महत्वप्र्ण भ्मिका थी म्ख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्र्व राष्ट्रपति को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनके मूल्यों आदर्शों और स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रम्ख नेता के रूप में उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता

म्ख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हए कहा है कि वे एक महान खिलाड़ी थे उनका जीवन और खेल नए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा है

टीम ने आज अल स्बह यह कार्रवाई की है

ये राशि बिल पास करने की एवज में मांगी गई थी